उन्हें कैबिनेट रैंक दिया गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित प्रदेश में आज से सहकारी फसली ऋण ऑन लाइन पंजीयन और वितरण योजना शुरू हुई प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है

इसमें कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्द्वन शामिल हैं कानून मंत्री का पदभार संभालने के बाद श्री प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कानुनी पहुंच कानुनी सहायता और बुनियादी ढांचा न्याय वितरण के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के साथ प्रोद्योगिकी तालमेल की मदद से उनका मंत्रालय कानूनी पहुंच को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश करेगा

राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ऐसा किया गया है

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मदद के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की थी ये राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों से संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं

इस मामले के तीन दोषियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया

विशेष न्यायाधीश अरविंद क्मार ने वाड्रा को अमरीका और नीदरलैंड की यात्रा की अनुमति दी है लेकिन लंदन जाने की अनुमति नहीं दी है न्यायालय ने वाड्रा को अपने यात्रा कार्यक्रम का ब्यौरा प्रस्तुत करने को भी कहा है वाड्रा पर लंदन में सम्पत्ति खरीद के एक मामले में धनशोधन के आरोप हैं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

शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा इसे जारी किया

प्रवेशिका और व्यावसायिक पाठ्यक्रम का परिणाम भी आज घोषित किया गया इस मौके पर शिक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है

हमारे राजसमंद संवाददाता ने बताया कि लोग गर्मी से बेहाल हैं सवाईमाधोपुर जिले में भी भयंकर गर्मी का दौर जारी है

हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रचण्ड गर्मी के कारण सडकों पर सन्नाटा छाया रहा

झालावाड़ में दिनभर गरम हवाओं के थपेड़े और धूलभरी आंधी के बाद शाम को हलकी बूंदाबांदी होने से मौसम बदल गया मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक लू और तेज गर्मी से राहत का आसार नहीं है

इससे एक ही परिवार की चार महिलाओं की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गये पुलिस के अनुसार ये हादसा जायसर गांव के पास हुआ कार में सवार लोग नौखा के धार्मिक स्थल पर जा रहे थे

पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने राजस्थान पुलिस अकादमी में इसकी शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाल यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है इस संवेदनशील मुद्ददे पर सुरक्षित और सहयोगी वातावरण बनाने की जरूरत है

अजमेर जिले में तीर्थराज प्रष्कर के पवित्र सरोवर में श्रद्वालुओं ने विशेष धार्मिक स्नान किया

इधर सवाईमाधोपुर जिले के खण्डार में रामेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम पर आज भक्तों ने श्रद्धापूर्वक स्नान कर पूजा अर्चना की

झालावाड़ जिले के झालरापाटन के पवित्र चंद्रभागा नदी में भी बडी संख्या में श्रद्वाल पहुंचे

ईद की खुशी अब एक या दो दिन की दूरी पर है चांद दिखने पर पांच या छह जून को ईद मनाई जायेगी